केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित भारत के कई मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस बार के सम्मेलन का विषय है हिन्दी विश्व और भारतीय संस्कृति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन की सफलता के लिए श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में विश्वास व्यक्त किया कि ये सम्मेलन विश्व में हिन्दी भाषा के प्रयोग और महत्वपूर्ण भूमिका को और अधिक बढावा देगा केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित किया

मॉरीशस के प्रधानमंत्री और श्रीमती स्वराज ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया और ग्यारहवें विश्व हिन्दी सम्मेलन पर दो डाक टिकट भी जारी किए

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि यह परिषद् प्रदेश में प्री प्राईमरी से सीनियर सैकण्डरी और जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम निर्माण के साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण के मुल्यांकन और शिक्षण में शोध को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी उन्होंने बताया कि राजस्थान की शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समानान्तर विकसित किए जाने के अंतर्गत आरएससीईआरटी शिक्षण के जरिए युवाओं की क्षमता विकास के लिए काम करेगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि रविवार को सभी मतदान केन्द्रों पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाकर नये नाम जोड़ने अथवा हटाने और संशोधन करने का काम किया जाएगा

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में अधिवक्ताओं द्वारा श्रद्वांजलि सभा के बाद श्री वाजपेयी के सम्मान में कार्य स्थगित किया गया जयपुर में कई अन्य स्थानों पर भी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने अपने प्रिय नेता के लिए शोक सभाएं आयोजित की जालौर में विभिन्न स्थानों पर दो मिनट का मौन रखकर श्री वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की उदयपुर में जिला और सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई

इस योजना के बाद न केवल खाद बीज पर होने वाला किसानों का खर्च कम हुआ है बल्कि इससे उत्पादन बढाने में मदद मिली है

कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार और इग्नू के सहयोग से चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के लिए प्रदेशभर के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यो और प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया

मिशन निदेशक एनएचएम ने बताया कि चिकित्सा विभाग जन समुदाय के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाएं और कार्यक्रम संचालित कर रहा है

राजसमंद से भी अच्छी बरसात के समाचार हैं उदयपुर के गिर्वा और ड्रंगरपुर के देवल में पांच पांच सेंटीमीटर पानी बरसा सवाईमाधोपुर से भी हल्की बारिश के समाचार मिले हैं जयपुर में भी कुछ स्थानों पर बरसात हई

ये टीमें आपदा राहत उपकरणों के साथ जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट से केरल के लिए आज रवाना हो गई

उद्घाटन समारोह जकार्ता के गैलोरा बंग कानो स्टेडियम पर आयोजित किया जा रहा है